इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

भारतीय नौसेना के पोत विभिन्न देशों से चिकित्सा उपकरण तथा ऑक्सीजन से भरे क्रायोजनिक कंटेनर लाने के लिए तैनात किए गए हैं इनमें आईएनएस कोलकाताए कोच्चिए तलवारए तबारए त्रिकंटए जलाश्व और ऐरावत पोत शामिल हैं

अस्पताल शिकायत प्रदेश में निजी अस्पतालों के संबंध में निरंतर प्राप्त हो रही शिकायतों की जाँच के लिए प्रम्ख सचिव स्तर के तीन आईएएस अधिकारियों की समिति गठित कर दी गई है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में एंब्लेंस संचालन की दरें भी निर्धारित कर दी गई है गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि निजी अस्पतालों को लेकर मिल रही शिकायतों से सरकार सख्ती से निपटेगी

मुरैना में लॉकडाउन के दौरान गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की द्कानों से निश्ल्क खाद्यान्नए मिल रहा है

विभाग ने ऐसे बच्चेए जिनके माता पिता का कोरोना के कारण निधन हो गया है अथवा जिनके माता पिता अस्पतालों में भर्ती हैंए उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया है ऐसे बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की जा रही है स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़कर बच्चों को आवश्यक स्विधाएँ भी उपलब्ध कराई जायेंगी

यहाँ ऑक्सीजन के लिए एयर सेपरेशन यूनिट भी लगाई गई है वहीं जबलप्र नगर निगम ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब मरीज को जाँच के साथ ही मेडिकल किट देने की रणनीति बनायीं है ताकि वह दवा खाकर घर में ही आराम करे और दूसरों को संक्रमित न कर पाएं झोलाझाप कारवाई आगरमालवा जिले के ग्राम धनियाखेड़ी में खेत पर पेड़ो के बीच जमीन पर लिटाकर मरीजों का ईलाज करने के मामले में झोलाछाप डॉक्टर सहित अन्य सम्बंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है